राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न लोगों ने की बजट की सराहना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि निजी क्षेत्र रक्षा उत्पादों के बारे में अनुसंधान डिजायन और उनके देश में विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के केन्द्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के प्रावधानों पर कारगर तरीके से अमल के बारे में कल एक वेबिनार को संबोधित करते हए उन्होंने निजी क्षेत्र से अपील की कि वह सरकार के साथ पूरे तालमेल से कार्य करे प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए उनके लिए काम करना और आसान बनाने के लिए ये सरकार उनके इज ऑफ ड्रइंग बिजनस पर बल दे रही है मैं डिफेंस सेक्टर आ रहे प्राइवेट सेक्टर की एक चिंता भी समझता हूं

यह भी मैं तो भली भांति समझता हूं प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के खर्च में उन्नीस प्रतिशत की बढ़ोतरी रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की सरकार की वचनबद्वता को प्रदर्शित करती है उन्होंने कहा कि पूंजीगत बजट में रक्षा सामग्री की देश में ही खरीद की व्यवस्था की गई है रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश को रक्षा उपकरणों का आयात करने की बजाय निर्यातक देश बनने का प्रयास करना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार रक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों के स्वदेश में ही निर्माण को बढावा दे रही है उन्होंने कहा कि इससे सूक्ष्म लघू और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप क्षेत्र को फायदा होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में विकसित किये जा रहे रक्षा कोरिडार से स्थानीय उदयमियों और कम्पनियों को फायदा होगा उन्होंने यह भी कहा कि आज जो सुधार किये जा रहे हैं उनसे सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यमों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और उनका विस्तार हो सकेगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार कौशल विकास को प्राथमिकता देती है तथा इस दिशा में प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना जैसे बहत से उपाय किए गए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना से देश के ग्रामीण भागों में कौशल विकास को बढावा मिला है रक्षा मंत्री ने कल वर्चअल माध्यम से प्रदेश के पिलख्वा में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया दिल्ली स्थित डीआरडीओ अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा प्रयोगशाला केन्द्र सी एफ ई ई एस द्वारा बनाई गई इस सुविधा का उद्देश्य प्रशिक्षित मानव संसाधन अग्नि सुरक्षा प्रौद्योगिकी और उत्पादों को विकसित करना है ताकि जानमाल के नुकसान को बचाया जा सके श्री सिंह ने कहा कि किसी भी आगजनी घटना में देश को बहुमुल्य जानमाल का नुकसान उठाना पड़ता है उन्होंने कहा कि इस तरह के नुकसान को रोकने के लिए यह प्रशिक्षण केंद्र कर्मियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने तथा इस तरह के हादसों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा

पहली बार किसी राज्य में कागज रहित बजट पेश किया गया है वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास और राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है वित्तमंत्री ने कहा कि बजट में चार क्षेत्रों बुनियादी विकास जन स्वास्थ्य मानव संसाधन विकास और कृषि पर प्रमुखता से जोर दिया गया है बजट में नब्बे हजार सात सौ इक्कीस करोड़ रूपये वित्तीय घाटे का अनमान व्यक्त किया गया है राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं के लिए लगभग सत्ताईस हजार पांच सौ अट्ठानबे करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं किसानों के कल्याण के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का प्रस्ताव किया गया है निःशुल्क सिंचाई के लिये सात सौ करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है किसानों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिये बजट में चार सौ करोड़ रूपये का प्रावधान है अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु एक सौ एक करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है राज्य सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना के तहत बेसहारा महिलाओं को न्यायालय से भरण पोषण भता मिलने तक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है अम्यूदय योजना के अन्तर्गत छात्रों को निःशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराने की भी बजट में घोषणा की गयी है श्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने किसानों की हर प्रकार से सहायता की और गन्ना किसानों को एक लाख तेईस करोड़ रूपये का भूगतान किया इस फसल चक्र में किसानों को न्यूनतम समर्थन मृत्य पर की गई धान की खरीद के लिए ग्यारह हजार एक सौ पैंतालीस करोड़ रूपये से अधिक राशि का ऑनलाइन भूगतान किया गया इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत सत्ताईस हजार एक सौ दस करोड़ रूपये किसानों के खातों में अंतरित किए गए प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न लोगों ने बजट की सराहना की है राज्यपाल श्रीमती पटेल ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है तथा राज्य के समग्र समावेश विकास और स्वावलम्बन के लिये समर्पित हैं उन्होंने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये आय दो हजार बाईस तक दोग्ना करने की व्यवस्था की सराहना की विधानसभा में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप है उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से परिपूर्ण यह बजट समावेशी विकास के मार्ग में मील का पत्थर साबित होगा उन्होंने कहा कि इसमें हर तबके के हितों को ध्यान में रखते हए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं उन्होंने कहा कि बजट लोक कल्याणकारी विकासोन्मुख तथा समावेशी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में इज ऑफ लिविंग के लिये सभी बातों का समावेश किया गया है बजट में किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है

अयोध्या में रामलला के मुख्य प्जारी आचार्य सत्येन्द्रदास और हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास सहित अन्य संतों ने अच्छे बजट के लिये मुख्यमंत्री का आभार जताया अयोध्या के विकास के लिये बजट में की गयी घोषणाओं का अयोध्यावासियों ने स्वागत किया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बजट की सराहना करते हए इसे राज्य के विकास को गति देने वाला बताया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह बजट लाया गया है निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में यह बजट सहायक होगा

इस बजट में नौजवॉनों को रोजगार अधिक से मिल सकता है साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी इस बजट में अच्छी व्यवस्था की गई है भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बजट को युवाओं के लिये रोजगार पैदा करने वाला और किसानों की आय बढ़ाने वाला बताया आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बजट से आधारभूत विकास को बल मिलेगा और स्वास्थ्य स्विधाएं भी बेहतर होंगी वेपक्षी दलों ने बजट की आलोचना करते हुए इसे निराशाजनक बताया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टवीट कर कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में किसी को क्छ नहीं दिया और समी के हाथ खाली रह गए हैं कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने ट्वीट कर कहा कि बजट में गांवों गरीबों मजदूरों और किसानों के लिए कुछ नहीं है बहजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बजट को रोजगार के मामले में निराश करने वाला करार दिया है एक टवीट में उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद बजट संतोषजनक नहीं रहा